उन्होंने कहा कि ये केन्द्र निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तैयार होने वाली फसलों की व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहित करेगा

वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने किसानों गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं सिरमौर ज़िला के शिलाई निर्वाचन क्षेत्र की कांडो भटनौल पंचायत के गिरनौल में महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन के मौके पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए शिवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए उन्होंने इस उत्सव को भाईचारे की भावना से मनाने की ज़रूरत बताई

वे कल मिश्रवाला में नए स्तरोन्नत राजकीय माध्यमिक स्कूल के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे राजीव बिंदल ने कहा कि इस स्कूल के स्तरोन्नत होने से क्षेत्र की खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की बेटियों को घर द्वार पर जमा दो तक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध होंगे

शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में श्रद्धा व पारम्परिक उल्लास से मनाया जा रहा है शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु दूध बिलपत्र फल फूल और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं शिव भूमि के नाम से प्रसिद्ध चंबा जिला में भी महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्वालुओं ने उपवास रखकर पूजा अर्चना की हमारे प्रतिनिधि के अनुसार शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भरमौर के चौरासी मंदिर के अलावा अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की अराधना की कल्लू ज़िले के भूतनाथ मंदिर और बिजली महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालु आना शुरू हो गए थे

कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी सोलन जिला के जटोली मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शीश नवाया

इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी मिलती है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान में आम लोगों को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आहवान भी किया इससे पहले शांता कुमार ने महोत्सव के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कांगड़ा सत्ता के राजनीति परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका रखता है